उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई अब दस जनवरी को

आतंकी मॉडयूल से जुड़े आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोपी नईम को एनआईए ने मेरठ से किया गिरफ्तार

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने गरीबों के हित में अनेक योजनाए लागू की हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों का वितरण एवं वृद्वजनों तथा निराश्रित महिलाओं को पेंशन स्वीकृति पत्र वितरित किये उन्होंने कहा कि गोरखपुर में एम्स की स्थापना की जा रही है और वर्ष दो हजार बीस तक एम्स की ओपीडी शुरू हो जायेगी जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी उन्होंने कहा कि गोरखपुर से नेपाल महाराजगंज कुशीनगर देवरिया वाराणसी आदि को फोर लेन मार्ग से तथा विभिन्न महानगरों को वायु सेवा से भी जोड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में छबीस वर्षो से बन्द चल रहा फर्टिलाइजर कारखाना आगामी दो वर्षो में शुरू हो जायेगा जिससे किसानों को खाद की उपलब्यता के साथ साथ हजारो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है मुख्यमंत्री श्री ने कहा कि जब शासकीय योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा तभी समाज सुखी और समृद्व होगा उन्होंने कहा कि यहां एक अत्याधुनिक प्राणि उद्यान की स्थापना की गयी है जिसका कार्य शोघ्र ही पूर्ण होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी नौ जनवरी को आगरा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की होने वाली रैली के मददेनजर कल क्षेत्र का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया मुख्यमंत्री ने पार्टी के नेताओं तथा पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री की रैली को ऐतिहासिक और सफल बनाने की अपील की रैली स्थल का निरीक्षण करने के बाद श्री योगी ने जिले के सिकन्दरा क्षेत्र स्थित गंगा जल प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी हासिल की इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगरा के खेरिया हवाई अड्डे पर पहुँचने पर भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया सहित अन्य भाजपा नेताओं ने स्वागत किया मुख्यमंत्री ने आगरा दौरे के दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यो को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश सरकार की योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिये केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार एक लाख रूपये से कम के वित्तीय लेन देनों से जुड़े धोखाधडी के मामलों की रिजर्व बैंक की मदद से जांच करेगी इस समय रिजर्व बैंक और अन्य बैंक सिर्फ एक लाख रूपये से अधिक के बैंक लेन देन से संबंधित धोखाघड़ी के मामलों की जांच करते हैं केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में युवा उद्यमियों को राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार प्रदान किए इन पुरस्कारों का उदेश्य देश में उद्यमिता का वातावरण तैयार करने वाले पहली पीढ़ी के असाधारण युवा उद्यमियों का सम्मान करना है इस वर्ष तैंतालिस पुरस्कार प्रदान किए गए वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रमु ने इस अवसर पर कहा कि सरकार युवा उद्यमियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पूरी सहायता देगी उच्चतम न्यायालय में राम जन्मज़ूमि विवाद में दायर अपीलों पर अगली सुनवाई दस जनवरी को नई पीठ करेगी

दस जनवरी को नई पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सितम्बर दो हजार दस के फैसले के खिलाफ चौदह अपीलों पर सुनवाई करेगी उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल उन्तीस अक्टूबर को कहा था कि यह मामला जनवरी के प्रथम सप्ताह में उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्व होगा जो इसकी सुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित करेगी केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कल अमेठी के अपने एक दिक्सीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया श्रीमती ईरानी ने जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का शुभारम्भ करने के बाद अमेठी में एक आवासीय विद्यालय की आधारशिला भी रखी इस अवसर पर आयोजित समारोह में केन्द्रीय मंत्री ने गरीबों को रजाई बांटने के साथ साथ बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए एक करोड़ रूपये के ऋण भी वितरित किये इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह झूठ की राजनीति के सहारे देश में राज करना चाहती है उन्होंने कहा कि यूपीए की दस साल केन्द्र में सरकार रहने के बाद आज अमेठी जिला चिकित्सालय में पहली बार सीटी स्कैन सेन्टर तब खुल रहा है जब भाजपा की सरकार केन्द्र में सत्ता में आयी है खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि सरकार खिलाड़ियों की पहचान छोटी उम्र में करने का प्रयास कर रही है ताकि उन्हें प्रशिक्षण और पोषण देकर विश्व स्तरीय चौम्पियन बनाया जा सका

हम तकरीबन दो करोड़ बच्चों का हर साल फिजिकल टेस्ट करेंगे और फिर हर साल उस उम्र में हम सलेक्शन करेंगे एक हजार खिलाडियों का पूरे देश में और उनकों हम पांच लाख रूपये देना शुरू करेंगे एक हजार खिलाड़ियों को और आठ साल तक लगातार देते रहेंगे

यह परीक्षा तीन फरवरी दो हजार उन्नीस के स्थान पर अब तेरह जनवरी दो हजार उन्नीस को आयोजित की जायेगी उच्चतम न्यायालय द्वारा पन्द्रह नवम्बर दो हजार अट्ठारह को पारित आदेश के कम में यह निर्णय लिया गया है प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान भारी यातायात को देखते हुए परीक्षा को प्रयागराज के स्थान पर लखनऊ में ही आयोजित कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है किसानों का करोड़ों रूपये का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न करने पर तीन चीनी मिल मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है गन्ना समिति के सचियों की शिकायत पर बिलाई चीनी मिल तथा बिजनौर और चॉदपुर चीनी मिल मालिकों के खिलाफ यह रिपोर्ट बिजनौर थाने में दर्ज करायी गई है जिलाधिकारी की ओर से इन चीनी मिलों को बकाया भुगतान के लिए कई बार चेतावनी और नोटिस भी जारी की जा चुकी है इसके बावजूद अभी तक किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है आतंकी मॉडयूल से जुड़े आतंकियों और अन्य कई लोगों को हथियार सप्लाई करने के आरोपी नईम को परसों रात राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और पुलिस की टीम ने मेरठ के राधना गांव से गिरफ्तार कर लिया है जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि नईम आतंकवादी गुटों को हथियार सप्लाई करने का आरोपी है उन्होंने बताया कि एनआईए की टीम ने नईम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है पिछले दिनों छब्बीस दिसम्बर को एनआईए और एटीएस की टीम ने संयुक्त रूप से नईम के घर पर छापेमारी की थी हालांकि नईम की उस समय गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी प्रदेश के विभिन्न जिलों में ठंड का प्रकोप जारी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम है गोरखपुर सहित विभिन्न पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाये हुये है मौसम विमाग ने आने वाले दो तीन दिनों में आसमान में बादल छाये रहने के साथ कोहरा पड़ने का अनुमान जताया है इस बीच कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हये राज्य के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की गयी है बेघर और बेसहारा गरीब लोगों को कम्बल बांटे जा रहे हैं ठण्ड को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में कक्षा आठ तक के विद्यालयों को जिला प्रशासन ने दस बजे से पहले न खोले जाने का निर्देश जारी किया है प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चन्द्र पाण्डेय ने प्रयागराज में कुंभ मेला क्षेत्र में कराये गये कार्यो का निरीक्षण किया उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में निर्मित चिकित्सालय एवं स्वच्छता के लिए किये गये प्रबंधों का भी जायजा लिया निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने अरैल क्षेत्र में बन रहे टेन्ट सिटी का भी अवलोकन किया उन्होंने कुंभ मेला में आने वाले श्रद्वालुओं के स्नान के लिए की गई सुविधाओं के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी हासिल की इसके बाद मुख्य सचिव ने कुंभ मेला क्षेत्र में स्थापित पुलिस लाईन में अर्द्यसैनिक बलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को देखा तथा जवानों को सम्बोधित भी किया उन्होंने कहा कि इस बार का कुंग पिछले कुंग की अपेक्षा काफी बड़ा है इसलिए नई चुनौतियों के लिए तैयार होकर इस कुंग को सकुशल संपन्न कराया जाये